वर्च्अल रैली मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत व सक्षम नेतृत्व के कारण आज भारत ने विश्व में अपना एक विशेष स्थान बनाया है भाजपा की कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया पर प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के चलते कोरोना महामारी के वर्तमान दौर में जनता से सम्पर्क स्थापित करने में मदद मिली है

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने भी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं

केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली से वर्चुअल रैली को संबोधित किया

उन्होंने कोरोना वायरस से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नई दिल्ली से वर्चुअल रैली में भाग लिया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि केन्द्र व राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है जिसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं वे आज रोहड् विधानसभा क्षेत्र की वर्च्अल रैली को सम्बोधित कर रहे थे भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संकट काल में समय समय पर लोगों को जागरूक किया और देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर मार्गदर्शन करते रहे

वितमंत्री केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान आपातकालीन ऋणसुविधा गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार किया गया वितमंत्री ने इस कठिन समय में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को निर्बाध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अब तक तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि के ऋण को मंजूरी दी जा चुकी है

ये बात आज वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए प्रयास तेज करने होंगे और इसी कड़ी में अब धीरे धीरे विकासात्मक कार्य भी शुरू हो रहे हैं उन्होंने कहा कि किसान बागवानों को परेशान होने की जरूरत नही है क्योंकि अन्य राज्यों से मजदूर हिमाचल पहुंचने शुरू हो गए हैं

उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के अलावा मनरेगा के माध्यम से विकास कार्यो को गति प्रदान की जाएगी मनाली विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न पर्यटक स्थलों पर करवाए जा रहे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा किया जाए कोविड अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है

राठौर प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना के संकटकाल में स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले और विभाग में अब तक हुई खरीद पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार इस मामले में विजिलेंस और कमेटी की जांच के माध्यम से लीपापोती कर रही है राठौर ने देश व प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के लिए केन्द्र और प्रदेश सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशें जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएंगी

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना के संबंध में सभी ज़रूरी मुददों को सरकार के समक्ष उठाया और पार्टी एक ज़िम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है

आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है आयुष मंत्री ने लोगों से अंतरराष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने का आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि दो दिनों में इस मार्ग को बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए भी खोल दिया जाएगा इस बीच समदो ग्राम्फू सड़क मार्ग को बीआरओ के अधीन ही रखने की मांग को लेकर जनजातीय युवा मोर्चा ने अध्यक्ष सुदर्शन जसपा के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा ऊना उपायुक्त ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर चिंता जाहिर की है

उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए मामलों पर अब जिला के सभी नागरिकों को चिंता करने के साथ साथ चिंतन करने की बेहद जरूरत है संदीप कुमार ने कहा कि होम क्वारंटीन किए गए लोगों द्वारा यदि सरकार के दिशा निर्देशों की उल्लंघना की जाती है और इसके चलते यदि कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई अप्रिय घटना घटती है तो पुलिस द्वारा ऐसी स्थिति में हत्या के प्रयास का मुकद्दमा भी दर्ज किया जाएगा

नमस्कार